प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कृषि संबंधी और कानून खेती और किसानों के लिए नये अवसर उत्पन्न कर रहे हैं इनसे किसान की भूमिका अन्नदाता से उद्यमी की हो जाएगी बाइट आज खेती को किसान को अन्नदाता की भूमिका से आगे बढ़ाते हुए उसको उद्यमी बनाने एंतरप्रन्योरशिप की तरफ ले जाने के लिए अवसर तैयार किए जा रहे हैं प्रधानमंत्री आज जन नेता पदमभूषण डॉक्टर बालासाहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये उदघाटन कर रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद एक ऐसा दौर भी आया जब देश में जनता के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध नहीं थे उन्होंने कहा कि इस दौर में सरकार की प्राथमिकता फसलों की पैदावार बढ़ाने की थी इसीलिए विभिन्न फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया उन्होंने कहा कि किसानों ने अपनी कड़ी मेहनत से अधिक उत्पादन किया और देश की खाद्यान्न की आवश्यकता पूरी की श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि पहले किसानों के मुनाफे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया लेकिन अब सरकार के दुष्टिकोण में बदलाव आया है किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में पहली बार ठोस कदम उठाये गये हैं बाइट देश ने पहली बार किसान की आय की चिंता की है उसकी आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया है चाहे वो एमएसपी को लागू करने एमएसपी को बढ़ाने का फैसला हो यूरिया की नीम कोटिंग हो बेहतर फसल बीमा हो सरकार ने किसानों की हर छोटी छोटी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इस योजना से किसानों को छोटे छोटे खर्च के लिए दूसरों के पास जाने की मजबूरी से मुक्ति मिली है बाइट पीएम किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को छोटे छोटे खर्चे के लिए दूसरों के पास जाने की मजबूरी से मुक्ति दिलाई है इस योजना के तहत एक लाख करोड़ रुपये सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं

इतना ही नहीं कोल्ड चेन्स मेगा फूड पार्क्स और एग्रो प्रोसेसिंग इन्फ्रास्ट्रक्वर पर भी अभ्तपूर्व काम हुआ है

नई दिल्ली में कल संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने देश में मांग को बढाने के कुछ नये प्रस्तावों का ब्यौरा दिया

वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि एक अन्य योजना के तहत सरकारी कर्मचारी त्योहार से पहल दस हजार रूपये ले सकेगा जिस पर ब्याज नहीं लगेगा बाइट स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम भी लेकर आई है सरकार

इस पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा ये भी पैसा आपको प्री लोडिड होगा आपको केवल उसको खर्च करना है और इसको वापस भी देना है तो दस किश्तों में इसकी वापसी जाएगी इसमें बैंक चार्जेज हैं वो भी सरकार वहन करेगी ये पैसा जब कर्मचारियों को मिलेगा तो डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट ही इसमें माना गया है

उन्होंने कहा कि संकमण में कमी आने के बावजूद लगातार सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि अनलॉक की प्रकिया को आगे बढ़ाते हुए आने वाले समय में अन्य तमाम गतिविधियां भी शुरू हो जायेंगी ऐसे में लोगों को संक्रमण से बचाव और सुरक्षा के संबंध में लगातार जागरूक किया जाना चाहिए

मुख्यमंत्री ने कोरोना रिकवरी की जनपदवार मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिये है उन्होंने कहा कि रिकवरी दर को और बेहतर बनाने के लिए जनपदों में टेस्टिंग कार्य में बढ़ोत्तरी के साथ सभी कोविड अस्पतालों और एसजीपी जीआइ केजीएमयू और आरएमएल अस्पतालों में उपचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाये

उत्तराखंड की भी एक मात्र राज्यसभा की सीट के लिए चुनाव की घोषणा की गई है

प्रदेश में आगामी विधानसभा उपचुनाव के लिए सात में से छह सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिये हैं नौगावां सादात से श्रीमती संगीता चौहान बुलन्दशहर से श्रीमती ऊषा सिरोही टूंडला से प्रेमपाल धनगर बांगरमऊ से श्रीकांत कटियार घाटमपुर से उपेन्द्र पासवान और मल्हनी से मनोज सिंह को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है देवरिया सीट पर अभी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है

हर समय दर्शकों को फेस या मॉस्क कवर का उपयोग करना होगा हैंड सेनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की अनिवार्य रूप से व्यवस्था करनी होगो मध्यांतर के दौरान खान पान व्यवस्था के दौरान उचित शारीरिक दूरी आवश्यक होगी और केवल पैक्ड फूड सामानों को बेंचने की अनुमति रहेगी

अर्जुन पुरस्कार विजेता अलका तोमर ने लोगों से अपील की है कि सिर्फ सावधानी बरत कर ही कोरोना से बचा जा सकता है बाइट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार सबसे यही अपील कर रहे हैं कि आप अपना मॉस्क लगाकर रखिये आप सेनिटाइजर करिये अपने हाथ साबुन से धोते रहिये तो उनकी अपील के साथ साथ मैं भी आप सबसे अपील करती हूं कि आप इन चीजों का मॉस्क का सेनिटाइजर का और दो गज की दूरी का आप प्लीज पालन करिये तभी हम इस बीमारी से बच पायेंगे प्रदेश में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की तेजी से खरीद की जा रही है

एक अक्टूबर से शुरू हुई धान खरीद के बारे में मूख्यमंत्री ने किसानों के लिए सभी आवश्यक सहूलियतें और इंतजाम करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी भी तरह के परेशानी नहीं होनी चाहिए

आकाशवाणी के वरिष्ठ कलाकार और उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी के मनोनीत सदस्य रहे पंडित केशव रघुनाथ तलेगांवकर का कल रात आगरा में निधन हो गया

कोरोना को मात देकर वह ठीक हो गये थे दोबारा अस्वस्थ होने के बाद उनका निधन हो गया देशभर में आज राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह दिवस मनाया जा रहा है डाक टिकटों और डाक इतिहास के अध्ययन के लिए डाक टिकट संग्रह किया जाता है यह दिवस डाक टिकट संग्रह तथा डाक टिकटों और डाक संबंधी अन्य उत्पादों के बारे में अनुसंधान गतिविधियों को बढावा देने के लिए मनाया जाता है